केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के हित में बनाये गए कृषि सुधार कानूनों से देश के कृषि क्षेत्र में एक नए अध्याय की होगी श्रूआत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल वर्युअल माध्यम से एक वार्ता की दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की दोनों ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रों पर भी अपने विचार साझा किए बैठक में श्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश भारत की पड़ोस पहले नीति में प्रमुख स्तम्म है उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत करना उनकी सरकार की विशेष प्राथमिकता रही है श्री मोदी ने कहा कि कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ हुए हैं सार्क मेम्बर के तहत बांग्लादेश के योगदान के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं स्वास्थ्य के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इस वर्ष हमारी विशेष साझीदारी निरंतर आगे बढ़ती रही है लैंडबॉर्डर ट्रेड में बाघायों को हमने कम किया दोनों देखों के बीच कनेक्टिविटी का विस्तार किया

ये सब हमारे संबंधों को और अधिक मजबूत करने के हमारे इरादों को दर्शाता है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड टीके के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच अच्छा सहयोग है और इस संबंध में भारत बांग्लादेश की जरूरतें पूरी करेगा इस कठिन समय में भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छा सहयोग रहा चाहे वो दवाईयां या मेडिकल इक्यूपमेंट्स हों या फिर हेत्थ प्रोर्फेशनल के साथ काम करना हो वैक्सीन के क्षेत्र में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है

श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों में सम्पर्क सुविधा बढ़ी है और इससे आपसी संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्दता का पता चलता है उन्होंने कहा कि विजय दिवस के अगले दिन दोनों देशों के बीच इस बैठक का विशेष महत्व है प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रही है यह कार्यक्रम किसान कल्याण मिशन के नाम से जाना जाएगा इसे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की किसान कल्याण मिशन के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा कृषि और उससे जुड़े अन्य विभागों की प्रदर्शनियां लगाई जाएगी जिसमें सूस्य लघ्न एवं कध्यम उद्योग और आजीविका मिशन के उत्पादों को भी प्रदर्शित किया जाएगा प्रदेशमर में किसान गोषियों का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रगतिशील किसान वैज्ञानिक और कृषि विभाग से जुड़े कार्यकर्ता किसानों को पैज्ञानिक खेती के बारे में बताएंगे और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी देंगे किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग जिनमें कृषि विपणन मंडी परिषद बागवानी पशुपालन मतस्य गन्ना विभाग और खाद एवं रसद तथा पंचायती राज विमाग शामिल हैं एक साथ मिलकर किसानों के लिए काम करेगे सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ इस बीच नये कृषि कानूनों को लेकर किसानों के बीच उत्पन्न शंकाओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बरेली में एक जनसमा को संबोधित किया इस अवसर पर उन्होंने बरेली जिले के लिये नौ सौ बहत्तर करोड़ रूपये की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया मृख्यमंत्री ने कहा कि यह कृषि कानून किसी को भी किसानों की जमीन पर कब्जा करने का अधिकार नहीं देता है उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं मुख्यमंत्री श्री योगी ने बताया कि प्रदेश में अभी तक सौ मंडियो को हाईटेक किया गया है उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल्द ही बायोफील की यूनिट लगाई जा रही है जिससे किसानों को पराली का भी उचित मूल्य मिल सकेगा उन्होंने कहा कि केन्द्र और प्रदेश की सरकार किसानों के हित में पूरी प्रतिबद्वता के साथ काम कर रही है जिससे देश के हर युवा को रोजगार मिल सके उन्हॉने कहा कि इसी कारण से आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा से देख रही है कार्यक्रम को केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने भी संबोधित किया केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के हित में बनाये गए कृषि सुधार कानूनों से देश के कृषि क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरूआत होगी इस कानून से देश के किसान अधिक स्वतंत्र और सशक्त होंगे कल किसानों को लिखे अपने पत्र में श्री तोमर ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने बिना किसी मेदभाव के सभी की सेवा करने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षो का इतिहास इसका साक्षी है श्री तोमर ने कहा कि वह किसानों और उनके संगठनों के निरंतर संपर्क में हैं और कई संगठनों ने सुधारों का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि कई किसानों ने नए कानूनों का लाभ उठाना शुरू कर दिया है कई जगह किसानों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की गई है और कृषिमंत्री के रूप में इसे दूर करना उनकी जिम्मेदारी है श्री तोमर ने संतोष व्यक्त किया कि नए कानूनों के लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीद के सभी पुराने रिकॉर्ड दूट गए हैं उन्होंने कहा कि जब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ खरीद और बढ़ते हुए क्रय केंद्रों पर नए रिकॉर्ड बना रही है तो कुछ लोग किसानों को झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी को रोक दिया जाएगा श्री तोमर ने दोहराया कि एमएसपी जारी रहेगी उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षो में सरकार ने किसानों के लिए बीज से लेकर बाजार तक कई नए कदम उठाए हैं कृषि मंत्री ने कहा कि जो मंडियां पहले से ही काम कर रही हैं वो आगे भी काम करती रहेंगी सरकार एपीएमसी को मजबूत कर रही है तथा मंडियों का आध्निकीकरण किया जा रहा है प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है अब तक कोरोना से कुल पांच लाख चौवालिस हजार पांच सौ तीन मरीज ठीक हुए है राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर पन्वानबे दशमलव तीन न्नी प्रतिशत हो गई है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि अब तक कोरोना से प्रदेश में आठ हजार एक सौ छतीस मौते हुई है और मृत्युदर एक दशमलव चार दो प्रतिशत है राज्य में नमूनों की जांच का कार्य जारी है प्रदेश के सिद्वार्थनगर जिले में कल एक कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किये गये इस कार्यक्रम में केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थॉवर चन्द्र गहलोत तथा मंत्रालय के अन्य अधिकारीगण वर्चअल माध्यम से जुड़े कार्यक्रम स्थल पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल जिलाधिकारी दीपक मीणा सहित जिले के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे जिलाधिकारी ने बताया कि केन्द्र सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के लिये चलाई जा रही असिस्टेंस डिसेबल पर्सन तथा व्योश्री योजना के तहत इस वर्ष जिले के दो हजार एक सौ छियासी दिव्यांगजनों को चयनित किया गया है जिन्हें उनके उपयोग से संबंधित विमिन्न सहायक उपकरण प्रदान किये जायेंगे इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि दिव्यांगजनों के अन्दर किसी कार्य को करने की विशेष प्रतिमा होती है अगर उन्हें सहायक उपकरण दे दिये जाये तो वे अपनी दिव्यांगता के बावजूद भी समाज के विकास में बेहतर योगदान दे सकते हैं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत औरेया जनपद में आपदा से पीड़ित व ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कुष्ट रोगियों को अब सरकार की ओर से मुफ्त में आवास दिया जाएगा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिनके पास जमीन है उनका मकान बनवाया जाएगा इसको लेकर परियोजना निदेशक हरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कृष्ठ रोगियों और आपदा से पीड़ितो की तलाश शुरु कर दी गई है सत्यापन करने वाली टीम से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने घोषणा की है कि अगले वर्ष पन्द्रह जनवरी से सत्ताईस फरवरी तक श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान चलाया जाएगा